ये दल इन आश्रयगृहों और छात्रावासोँ की गतिविधियों तथा उनमें रहने वाले बच्चों की सुरक्षा और त्वरित कार्रवाई की जांच करेगा

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने ऐसे मामलों पर कल गंभीर चिंता व्यक्त की

शीर्ष न्यायालय ने महिला और बाल विकास मंत्रालय से राज्यों से ऐसे आश्रय गृह में रहने वाले बच्चों का आंकड़ा तैयार कर अदालत में पेश करने को कहा

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने मानसून सत्र को उपयोगी और संतोषजनक बताया

इस दौरान वे आमेर और विराटनगर विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित तिरंगा यात्रा की अगुवाई करेंगे आज कर्नल राज्यवर्धन बानसूर विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय जनता से रूबरू होंगे दोपहर में वे खेड़ा श्यामपुरा और रसनाली जायेंगे श्री राठौड़ कल जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी में शिरकत करेंगे

वे जयपुर में रोड शो कर कांग्रेस के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरूआत करेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने बताया कि जयपुर में कई स्थानों पर श्री गांधी का स्वागत किया जाएगा वे कांग्रेस के पदाधिकारियों को भी सेंबोधित करेंगे

गौरतलब है कि इस नियुक्ति के सम्बन्ध में शिकायते थी कि नियुक्त किये गये प्रोफेसर का एपी आई स्कोर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मोपदण्ड़ों से कम है साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा आउटस्टेण्डिंग केटेगरी में नियुक्ति के लिये भी कोई मापदण्ड स्थापित नहीं थे इनकी नियुक्ति की प्रक्रियाओं में सभी तरह की गडबडियों की शिकायत थी